केलंग में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से अरबों रूपये का नुकसान हुआ है

मारकंडा ने बताया कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी तैनात की गई है और एक सप्ताह के भीतर घाटी में जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद है

स्वच्छता ही सेवा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश में महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश के प्रति जागरूकता प्रदान कर रहा है

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले स्कूलों ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और अन्य स्कूलों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए महेन्द्र सिंह सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रत्येक जिले में एक सैनिक स्कूल सैनिक अकादमी और कोचिंग संस्थान खोलने की संभावना तलाशी जा रही है मंडी जिले के पपलोग में आज स्वच्छता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए वचनबद्व है और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं महेन्द्र सिंह ने कहा कि वन रैंक वन पैंशन योजना से प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को लाभ मिला है भेंट स्वागत राज्य सरकार के नवनियुक्त मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की यह एक शिष्टाचार भेंट थी इस बीच प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने बीकेअग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि बीकेअग्रवाल की वरिष्ठता प्रशासनिक अनुभव और ईमानदारी का प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा उन्होंने उम्मीद जताई कि वे राज्य सरकार के छोटे कर्मचारियों और प्रदेश की जनता की आशाओं पर खरा उतरेंगे

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए लाभार्थियों को शुभ कामनाएं दी हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना का लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है

उन्होंने कहा कि इसमें मंडी कुल्लू और लाहौल स्पिति ज़िले के युवा भाग ले सकेंगे राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक ने उनके आग्रह पर पड्डल मैदान में भर्ती रैली का आयोजन किया है गोबिंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू कॉलेज में एक अत्याधुनिक इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा

गोबिंद ठाक्र ने कहा कि मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में भी इंडोर स्टेडियम की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं